कार्यसूची के मुताबिक प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाया जाएगा

गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आगामी पर्यटन सीज़न के मद्देनज़र अधिकारियों को कुल्लू मनाली में सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं मनाली में कल उन्होंने जन समस्याएं सुनीं और पर्यटन से जुड़ी सभी समस्याओं पर जल्द चर्चा करने की बात कही गोविंद ठाकुर ने कहा कि मनाली व इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज और टीसीपी से जुड़े विभिन्न मुद्दों के स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं

शाहपुर में जन समस्याएं सुनने के बाद कल उन्होंने ये बात कही इस मौके मकरोटी का एक प्रतिनिधि मण्डल उप प्रधान योगेश धीमान के नेतृत्व में सरवीण चौधरी से मिला और उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को समस्याओं के जल्द निपटारे का आश्वासन दिया बजट आमार भाजपा संगठनात्मक ज़िला महासू के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने बजट में सेब बागवानी और क्षेत्र के लिए की गई विशेष विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि बजट में किसानों व बागवानों के लिए उठाए गए कदमों से प्रदेश में कृषि बागवानी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे इधर न्यू पैंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की कांगड़ा ज़िला इलाई के अध्यक्ष राजिंदर मन्हास ने अंतरिम राहत और अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड पे दोगुनी करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है दूर्घटना शिमला जिले की कुमारसेन तहसील के सनाउगी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया बीती रात हुए इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य ने आईजीएमसी ले जाते रास्ते में दम तोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश की राज्यसभा सीट के चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है राज्यसभा के लिए फिर निर्विरोध चुने जाएंगे जेपी नड्डा पंजाब केसरी लिखता है कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का हिमाचल से राज्यसभा जाना तय दिव्य हिमाचल लिखता है नड्डा की राह में रोड़ा नहीं बनेगी कांग्रेस दैनिक जागरण और हिमाचल दस्तक का लगभग एक जैसा शीर्षक है नड्डा का फिर चुना जाना तय

जंजैहली विवाद पर पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है पुतले जलाना हमारी संस्कृति नहीं मिल बैठकर बात करें जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जंजैहली विवाद का सहमति से समाधान आपका फैसला ने लिखा है सिराज में अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर बल दिया जाएगा दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है विधानसभा में बजट चर्चा पर आमने सामने होंगे पक्ष विपक्ष वहीं दिव्य हिमाचल लिखता है आज से शुरू होगी बजट पर चर्चा इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है महीने के अंत तक नया विद्युत टैरिफ

बद्दी चंडीगढ़ रेलवे निर्माण से जुड़ी खबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है लोकेशन सर्वे पूरा भूमि अधिग्रहण में फंसा पेंच आपका फैसला ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह के हवाले से लिखा है प्रदेश को नीलाम करने में जुटी सरकार दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय यह मेरा या तेरा बिलासपुर में भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्या को उजागर किया है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बेहतर भविष्य की पहल में लिखा है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए आदर्श स्कूलों की पहल के सार्थक परिणाम सामने आएंगे आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं की गुणवता के मामले कोई रियायत व समझौता न करने की बात कही है अब देखना यह है कि सरकार के प्रयासों व चेतावनियों का उद्योगों पर कितना असर पड़ता है